राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह का समापन आज

रक्षामंत्री फ्रांस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के लिए रवाना होंगे श्री सिंह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कल पेरिस में मुलाकात करेंगे बाद में श्री सिंह फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ लड़ाकू विमान राफाल को भारत को सौंपने के एक समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री का फ्रांस के सशस्त्र बलों के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करने का भी कार्यक्रम है वह विजयादशमी के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा भी करेंगे रक्षा मंत्री फ्रांसीसी रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे इस दौरान उन्हें मेक इन इंडिया और अगले साल फरवरी में लखनऊ में आयोजित होने वाले रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने का आग्रह करेंगे वित्तमंत्री ई आकलन केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में आयकर विभाग के राष्ट्रीय ई आकलन केन्द्र का उदघाटन करेंगी इससे कर दाता कर अधिकारियों के साथ आमने सामने की बातचीत से बच पाएंगे वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय ई आकलन केन्द्र की स्थापना कर दाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है इससे कर दाताओं की शिकायतें कम करने के प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार करने में मदद मिलेगी और सुगम व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इस नई पहल से आकलन प्रक्रिया में अधिक दक्षता पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी नई प्रणाली के तहत कर दाताओं को उनके पंजीकृत ई मेल और वेबपोर्टल पर रजिस्टर्ड एकाउंट पर सूचनाएं मिलेंगी

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ब्राण्ड होटल्स की स्थापना पर इस तरह की नीति बनाई है मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ब्रॉण्डेड होटल प्रोत्साहन नीति को स्वीकार किया गया था

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पर्यटन विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्यटन नीति को व्यवहारिक व्यापक और पूंजी निवेश के अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी दी है

मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष अम्बिका प्रसाद रावत भोपाल महामंत्री सुधीर दुबे गंजबासौदा गणेश दत्त जोशी भोपाल एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री राजक्मार द्वे जबलप्र मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के वीरेन्द्र खोंगल और मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष ओर्म प्रकाश बुधोलिया को मंडल का सदस्य बनाया गया है इनका कार्यकाल दो साल का होगा वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपर मुख्य सचिव वित्त को मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है प्रमुख सचिवसचिव सामान्य प्रशासन सचिव वित्त तथा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को मंडल का सदस्य मनोनीत किया गया है ट्रूक हड़ताल प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाये गये वैट के विरोध में ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल जारी है ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार जब तक बढ़ाये गये वैट को वापस नहीं लेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी हड़ताल में टैंकर और डंपर मालिकों के समर्थन दिये जाने का दावा किया गया है

श्री सिंघार फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ग्रीन कैलेंडर का विमोचन भी करेंगे इस मौके पर वृत्तचित्र वनरक्षक प्रोटेक्टर ऑफ पेराडाइज का शुभारंभ एवं प्रदर्शन भी किया जाएगा महानवमी प्रदेश में आज महानवमी श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है यह नवरात्र का आखिरी दिन है राजधानी भोपाल में सुबह से ही लोग देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के लिये पहुंच रहे है द्र्गा पंडालों में भंडारे और कन्या भोज के आयोजन हो रहे है नवरात्र के मौके पर विभिन्न षहरों में गरबे का आयोजन किए जा रहे हैं परंपरा अनुसार खंडवा आकाषवाणी केंद्र में भी कल गरबे का आयोजन किया गया उमरिया जिले के वीरसिंह पाली स्थित मॉ विरासनी देवी मंदिर में श्रद्वालुओं का ताता लगा है

उज्जैन ओंकारेश्वर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्वाल पहॅच रहे हैं इन्दौर में कल मॉ विजासन देवी मंदिर में दो किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई इस दौरान निकाली गई चुनरी यात्रा में प्लास्टिकमुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया महानवमी के बाद कल ब्राई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जायेगा इस अवसर पर रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किये जाते हैं भोपाल में भी दशहरे की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है शहर के छोला मैदान संत हिरदाराम नगर कोलार भेल बाग मुगलिया समेत कई स्थानों पर कल रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

राज्य सरकार ने प्रतिमाओं के विसर्जन में सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कल भोपाल जिला प्रशासन पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटा तालाब के सभी विसर्जन घाटों पर केवल क्रेन द्वारा ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कराएं किसी भी घाट पर श्रद्धालुओं को नाव पर मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी

फाइनल मुकाबला आज मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी अमृतसर के बीच खेला जाएगा यह प्रतियोगिता एक अक्टूबर से चल रही है कल खेले गए सेमी फाइनल मुकाबले के छठवें मिनट में मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी टीम के कप्तान श्रेयस धुपे ने पहला फील्ड गोल मारकर टीम की विजयी शुरुआत की

उन्हें सिवनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है